कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है देश भर में स्वामित्व योजना का श्रभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगा ने पूरी निष्ठा से कोविड सम्बंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी बाइट एक साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं आप सभी ने बड़ी कुशलता से न केवल कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका बल्कि गांव में जागरुकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है उसे रोकना ही है

बाइट इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए हमारी जिम्मेभदारी है कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है

ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केन्द्र में रखकर आगे बढ़ रहा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र आधुनिक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है

प्रदेश की पंचायतों द्वारा डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये ई पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके पहले पुरस्कारों के विषय में कल प्रदेश की पंचायतीराज निदेशक किंजल सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी थी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य का देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे अंतरित की गई

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिये सर्विलांस टीम की कार्रवाई बढ़ा दी गई है

श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है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

उन्होंने बताया कि लखनऊ के किंग जार्च चिकित्सा विश्वविद्यालय और बलरामपुर चिकित्सालय को पूर्ण रूप से कोविड चिकित्सालय के रूप में संचालित किया जा रहा है यहां पर बेडो की संख्या बढ़ाकर पांच हजार की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है

श्री सहगल ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिये खाली टैंकर को हवाई जहाज के माध्यम से जमशेदपुर के बोकारों में ले जाया जा रहा है वहां से इन टैंकरों को भरकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी के माध्यम से वापस लाया जायेगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा मन की बात को आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉड काम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर भी सुना जा सकेगा

आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा

यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह प्लेटफार्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से रोडिक कसल्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है इस कम्पनी के प्रतिनिधि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मौजूद रहकर समयबद्ध रूप से ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को देने वाले वाहनों की रियल टाइम लोकेशन की इस डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से मॉनिटरिंग व ट्रेकिंग होने से अस्पतालों की मॉग पर यथाशीघ्र ऑक्सीजन की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जैन गुरू भगवान श्री महावीर की जयन्ती के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके मंगलमय एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है राज्यपाल ने अपने बधाई सन्देश में कहा है कि स्वामी महावीर जो ने मानव कल्याण के लिये जो उपदेश वर्षों पहले दिये थे उनकी प्रासंगिकता आज भी है उन्होंने कहा कि महापुरूषों के विचार हमारे जीवन में पवित्रता लाते हैं

आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सुहवल चट्टी के समीप कल देर रात तेज रफ्तार ट्रक व तीन वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गये

दुर्घटना में मृत व घायल लोग मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली अंतर्गत टेकई गांव के निवासी बताए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने पीड़ितों की हर संभव मदद करने और दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं समाप्त